और किउल गया रेलखण्ड का विद्युतीकरण का कार्य पूरा

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पूर्वी चंपारण जिले में फीड प्लान्ट की स्थापना की जायेगी पूर्णिया में चौंसठ करोड़ रूपये की लागत से एक पशु वीर्य केंद्र और बक्सर में आठ सौ करोड़ रूपये की लागत से गोकुल ग्राम की स्थापना करने की स्वीकृति दी गयी है

वहीं मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि होने से आथर में बना पीपा पुल बह गया पीपा पुल के टूट जाने के कारण दर्जनों गांव का आवागमन ठप्प हो गया है समस्तीपुर जिले में करेह नदी का जलस्तर बढ़ने से चौदह गांव में पानी प्रवेश कर गया है जिससे फसलें बर्बाद हो गयी हैं जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सलहा चिरोटना घाट और वाटरवेज बांध के पास कटाव होने लगा है गांव के लोग ऊंचे स्थानों पर अपने मवेशियों के साथ शरण लेने के लिये पलायन करने लगे हैं उधर इसी जिले में बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है एक सप्ताह के अंदर एक मीटर बढ़कर जलस्तर तैंतालीस सेंटीमीटर तक पहुंच गया है वहीं केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बक्सर से फरक्का तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास है और बसुआ बलतारा और कुरसेला में बढ़ रहा है घाघरा नदी का जलस्तर दरौली में अधिक है जबकि गंगपुर सिसवन में इसमें बढ़ोतरी हो रही है उधर मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मानसून कमजोर हो रहा है जिससे बारिश कम होगी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बारह और तेरह जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है

यह पुरस्कार उन कर्मियों और निगमों को दिया जायेगा जो सबसे तेजी से हर घर बिजली पहुंचाने का सौ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करेंगे

बैंक के मुख्य महाप्रबंधक जोस जे कद्दूर ने कहा कि रिजर्व बैंक किसी भी व्यक्ति का खाता नहीं रखता है और न किसी व्यक्ति को फोन करता है इसलिये लोगों को बैंक के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी से सावधान रहने की जरूरत है

पुलिस ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है

वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बकाया वापस लेने के लिये जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा जिस पर ई ट्रेजरी व्यवस्था के माध्यम से पूरा बकाया वापस होगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक दावा आपत्ति के बदले एक विशेष काड नम्बर का चालान जारी किया जायेगा रूपये की वापसी के लिये जीएसटीआईएन बैंक खाता नम्बर समेत अन्य प्ररी तथ्यों की जानकारी देनी होगी अधिकारी ने बताया कि इसके लिये सभी विभागों के प्रधान सचिव और जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है

दानापुर रेलमंडल के डीआरएम रंजन प्रकाश ठाकूर ने बताया कि कल इस रेलखण्ड पर इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया जायेगा उन्होंने कहा कि इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी जिससे समयसीमा पर ट्रेने अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगी

पर्यटन निगम के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिये जैन सर्किट को तिरेपन करोड़ रामायण सर्किट को पचास करोड़ गांधी सर्किट को बयालीस करोड़ और कावंरिया सर्किट बावन करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है जबकि सिख सर्किट पर काम चल रहा है

ग्रामीण विकास विभाग ने कहा है कि राज्य में लगभग आठ लाख सैंतीस हजार आवास का निर्माण अध्रा है जिनमें से छह लाख आवासों का निर्माण पंद्रह अगस्त तक करा लेने का लक्ष्य रखा गया है इसके साथ ही राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इकतीस मार्च तक चार लाख पचास हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य था लेकिन उसके पूरा नहीं होने पर उसकी समयसीमा भी पंद्रह अगस्त तय की गयी है

जबकि बालिका एकल का खिताब पटना की सूजा ने अपने नाम किया सारण जिले के दिघवारा में आयोजित बिहार राज्य किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर वर्ग में सारण ओवर ऑल विजेता बना है जबकि भागलपुर को दूसरा और आरा को तीसरा स्थान मिला है प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग का खिताब भागलपुर ने जीता पटना जिला सीनियर डिविजन फुटबॉल लीग मुकाबले में बीआरसी की टीम ने बिहार पुलिस को एक शून्य से पराजित कर दिया एक अन्य मैच में पटना पुलिस और सिविल ऑडिट की टीम के बीच मुकाबला गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ बाईस से चौबीस जुलाई तक हाजीपुर में पैंतालीसवीं बिहार राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जायेगा

हिन्दुस्तान ने जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की खबर को प्रमुखता देते हुये शीर्षक दिया है लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह से मुलाकात से पहले जदयू ने साफ किया रूख नीतीश भाजपा का साथ नहीं छोडेंगे दैनिक जागरण की बड़ी खबर है व्यापरियों को मिली राहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म खत्म करने की सिफारिश दैनिक भास्कर ने थाईलैंड में गुफा में फंसे बच्चों के रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी खबर बनाते हुये सुर्खी दी है सोलह दिन बाद गुफा से चार बच्चे सुरक्षित निकाले प्रभात खबर ने इंग्लैंड के खिलाफ टी टवेंटी सीरीज में भारत की जीत को अपना शीर्षक बनाया है रोहित के रिकॉर्ड शतक से भारत ने जीती सीरीज इंग्लैंड में पहला टी टवेंटी खिताब इसके साथ ही अखबारों ने कुछ अन्य खबरों को भी प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर ने देश के हर जिले में शरीयत कोर्ट बनायेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रभात खबर ने एससी एसटी उद्यमियों से खरीदारी को निविदा नियम बनायें सरल को प्रकाशित किया है

और किउल गया रेलखण्ड का विद्युतीकरण का कार्य पूरा